पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्यों की राजधानियों और सभी जिलों में अस्थि कलश यात्रा आयोजित करेंगे और देशभर की नदियों में अस्थियां विसर्जित की जाएगी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश के समी लोग और पार्टी कार्यकर्ता श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित करना चाहते हैं इसीलिए सभी राज्यों में अस्थि कलश यात्रा का निर्णय लिया गया है यात्रा राज्यों की राजघानियों से शुरू होकर सभी प्रखंडों से गुजरेगी इधर श्री वाजपेयी के अस्थि कलश आज जयपुर लाकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखे जायेंगे जहां लोग उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे इसके बाद कल पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के बांसवाडा स्थित बेणेश्वर घाम कोटों की चम्बल नदी और अजमेर के पुष्कर सरोवर में किया जायेगा

श्री कामत काफी लम्बे समय से बीमार चल रहे थे नई दिल्ली के एक अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली श्री कामत को कांग्रेस ने राजस्थान के अलावा कई राज्यों का प्रमार सोंपा था उनके निधन पर विभिन्न नेताओं ने शोक व्यक्त किया है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है उन्होंने प्रदेश के नव मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जुड़वाने की अपील भी की

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण और समावेशी मतदान कराना विभाग की ॅजिम्मेदारी है

समिति का काम चुनाव की अधिघोषणा और उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगा

परिणाम के अनुसार सुशील कुमार शर्मा चेयरमैन और जी डी बंसल डिप्टी चेयरमैन होंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव मेज सकते हैं

इस अवसर पर आज तड़के अजमेर में ख्वाजा मोइनुददीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया जन्नती दरवाजे से गुजरने के लिये जायरीन की कतारे लगी हुई है

इधर प्रदेशमर की विभिन्न मस्जिदों में आज ईद की नमाज अदा की गई इसके बाद लोगों ने एक दूसरें को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी ईद के अवसर पर राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वसंधरा राजे विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और पूर्व मुख्यमंत्री अर्शाक गहलोत ने प्रदेशवासियों को मुबारक बाद दी है

चूरू जिले के सुजानगढ में बिजली गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई

इसके अलावा चर्म शिल्पियों के कार्य में और अधिक निखार लाने बाजार की मांग के अनुसार नए डिजाइन विकसित करने और इसी तरह के अन्य कार्यो के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा